रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की सम्पत्ति है और हमेशा रहेगी बाइट में स्पष्ट कर दूं भारतीय रेल कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी भारतीय रेल भारत की संपत्ति है भारत की रहेगी भारत के लोगों की रहेगी लेकिन आखिर रोड़ भी भारत की संपत्ति है तो क्या कोई कहता है कि रोड़ पे सिर्फ सरकारी गाडियां चलेगी ऐसा तो कोई नहीं कहता हैं न रोड़ के ऊपर जितनी ज्यादा गाडियां चलेगी उतना देश का हित है लोगों को सुविधा मिलेगी तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पे भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले अच्छी स्पीड की ट्रेन चले और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए

भारतीय रेलवे को देश की वृद्धि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए

प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत एक अप्रैल से पन्द्रह जून तक किसानों से सीधे गेहूं की खरीद शुरू करेगी रबी विपणन वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस में गेहूं की बिकी के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है किसान जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं

प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए ऑन लाइन टोकन की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा किसान किसी भी सहायता के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी अथवा ब्लाक के विपणन निदेशक से सम्पर्क कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वे पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को ही अपना समर्थन देंगे आकाशवाणी से बातचीत में श्री मौर्य ने कहा बाइट देश का किसान माननीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ चटटान की तरह खड़ा है जो वर्तमान में किसान के नाम पर आन्दोलन चल रहा है वह किसान आन्दोलन नही है ये भाजपा की जो राजनीतिक विरोधी उनके द्वारा स्टीकर चस्पा करके और इस आन्दोलन को पांच राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों तक जीवित रखने का प्रयास है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है वहां पर हम दो सौ से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनायेंगे और देश का किसान और पश्चिम बंगाल का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे खड़ा है जब ईवीएम मशीनें खूलेंगी तो लोगों को ध्यान में आयेगा कि दो मई और ममता दीदी गई भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सुशासन आया गुण्डागर्दी खत्म माफिया राज खत्म अपराधियों का राज खत्म और विकास का युग शुरू

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करन का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं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

प्रदेश के हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आधारित लूम लगाने के लिए सब्सिडी दी जायेगी इसके लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यकम के तहत चयनित जनपदों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा रही है

उन्होंने कहा कि ब्नकरों के हुनर को बढ़ाने के लिए मशहूर फैशन डिजायनर को जोड़ा गया है और इसके साथ ही प्रदेश में टक्सटाइल्स पार्क की स्थापना कराई जा रही है उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल्स क्षेत्र में आठ हजार करोड़ रूपये का निवेश भी किया जा रहा है उन्होंने कार्यकम में बुनकरों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया प्रदेश के कुछ ज़िलों में कोरोना संकमण के मामले बढ़ रहे हैं

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि देश के कई राज्यों में संकमण के मामले बढ़ रहे हैं जिससे प्रदेश में भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है

श्री प्रसाद ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं वह स्वयं अपना आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र लेकर टीकाकरण केन्द्र पर पंजीकरण करवा कर कोविड का टीका लगवा सकते हैं उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का संकमण समाप्त नहीं हुआ है लोग प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लखनऊ में पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया है इस व्यापार मेले में नौ देशों और पन्द्रह राज्यों की कम्पनियों की भागीदारी है भारत और विदेश के पैतीस हजार से अधिक उत्पादों के प्रदर्शन के साथ एक भव्य प्रदर्शनी के रूप में मेला आयोजित किया जा रहा है घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सरचार्ज माफी के लिए शूरू की गई एक मृश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर इक्तीस मार्च कर दिया गया है पंजीकरण के लिए पहले पन्द्रह मार्च अंतिम तारीख तय की गई थी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य की योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है वह आज सुल्तानपुर के कुड़वार में आयोजित ग्राम चौपाल को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतोय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर संगठन और सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है जबकि अन्य पार्टियों में सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के इर्द गिर्द रहती है उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है

प्रतियोगिता में प्रदेश पुलिस के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भाग ले रहे हैं